वित्त मंत्री ने कहा कि इस फैसले से राजस्व संग्रह पर कम से कम प्रभाव पड़ेगा उन्होंने कहा कि इस फैसले से सौं वस्तुए प्रभावित होंगी

श्री गोयल ने कहा कि पांच करोड़ रूपये तक का कारोबार करने वाले व्यापारियों को हर महीने जीएसटी जमा करना होगा लेकिन तिमाही रिटर्न भरनी होगी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने वाले कुल्लू जिले में अब प्लास्टिक कचरे का दोबारा उपयोग करने की नई पहल की जाएगी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के तहत युवाओं को प्लास्टिक से खूबसूरत कलाकृतियां बनाने का प्ररिक्षण दिया जायेगा

लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति की किन्नौर जिला इकाई ने शिमला से रिकांगपिओ के लिए निगम की बस से ठीक पांच मिनट पहले एक निजी बस को रूट परमिट देने के फैसले का विरोध किया है

इस कारण परिवहन निगम की बस खाली दौड़ रही है और निगम को भारी घाटा उठाना पड़ रहा है उन्होंने निजी बस को दिए गए परमिट को तुरंत रद्द करने की मांग की है प्रदेश के विभिन्न भागों में मॉनसून की वर्षा का कम रूक रूक कर जारी है राजधानी शिमला व इसके आसपास के क्षेत्रों में बीती रात जोरदार वर्षा हुई

एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने मनी लॉड्रिग मामले से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है वीरमद्र और उनके बेटे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल पंजाब केसरी की सुर्खी है वीरमद्र सिंह के पुत्र विकमादित्य सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल दिव्य हिमाचल के शब्द हैं ईडी का विकमादित्य के खिलाफ अनुपूरक चालान दैनिक जागरण लिखता है वीरमद्र के बेटे के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल मनी लांड्रिग के मामले में हुई कार्रवाई दैनिक सवेरा टाईम्स के अनुसार ईडी ने वीरभद्र सिंह के पुत्र के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

अजीत समाचार की एक खबर है पंचायत घर अब होंगे पंचायत कम्यूनिटी सैंटर

अखबार की एक अन्य खबर है करूणामूलक आधार पर नौकरी के नियम बदलेगी सरकार अब विभाग अपने स्तर पर ही दे सकेंगे करूणामूलक आधार पर नौकरी

दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय जानलेवा स्कब टायफस में लिखता है कि सरकार व स्वास्थ्य विभाग को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि सभी जिला अस्पतालों में स्कब टायफस की जांच की सुविधा हो